्र राजस्थान हाईकोर्ट में बढ़ते कोविड संकमण के मद्देनजर आज से पांच दिसंबर तक वीडियो कांफेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई ् प्रदेश में शीतलहर जारी रहने से दस जिलों में न्यूनतम तापमान पहुंचा दस डिग्री सेल्सियस से नीचे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

मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें

इस बीच इन चुनावों के दूसरे चरण का प्रचार जोर शोर से चल रहा है

तीसरे चरण का मतदान एक दिसंबर और चौथे चरण का पांच दिसंबर को होगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों की जान बचाना और उपचार के पर्याप्त प्रबंध करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कोविड संकमण की रोकथाम के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल एक समीक्षा बैठक हुई इस वर्चुअल बैठक में चिकित्सा मंत्री रघ् शर्मा और उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया बैठक में कोरोना संकमण की रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई और लोगों से स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई

संकमण को रोकने के लिए सरकार ने विवाह समारोह में लोगो की संख्या भी सीमित कर दी है

रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था समी पक्षकारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए लागू की गई है वकीलों को बहुत जरूरी मामलों को सूचीबद्ध करवाने के लिए हाईकोर्ट वेबसाइट के होम पेज पर अर्जेंट लिस्टिंग ऑप्शन पर अनुरोध करना होगा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह ने ये जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों को असुविघा न हो इसके लिए विभाग ने पूरी व्यवस्था की है उन्होंने यात्रियों से ऑनलाइन टिकट बुक कराने की भी अपील की है

उन्होंने बताया कि यात्रा के समय मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा और यात्रियों को अपने साथ सेनेटाईजर भी रखना होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने राज्य सरकार से जयपुर में हाथी सफारी फिर से शुरू करने की मांग की है श्री पूनिया ने दविट कर कहा कि कोरोना महामारी के दौर में महावतों के लिए हाथियों के खान पान दवाओं के साथ परिवार का पालना करना मुश्किल हो गया है उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह किया है कि हाथी सफारी फिर शुरू कराई जाए ताकि महावतों को राहत मिल सके

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने प्रसार भारती के स्थापना दिवस पर आकाशवाणी और दूरदर्शन परिवार को शुभकामनाए दी हैं उन्होंने ट्विट संदेश में कहा कि कोरोना के चुनौतीपूर्ण समय में आकाशवाणी और द्रदर्शन के अग्रिम पंक्ति योद्धाओं ने समाचार सूचना और मनोरंजन सेवाओं को निर्बाध जारी रखा है